और आइए बढते हैं अब समाचारों की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन ने देवघर जिले के मध्यपूर से विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के गंगा नारायण सिंह को पांच हजार दो सौ सैंतालीस वोटों से हराया राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री हसन को कुल एक लाख दस हजार आठ सौ बारह वोट मिले जबकि श्री सिंह को एक लाख पांच हजार पांच सौ पैंसठ मत हासिल हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने पर मंत्री हफीजुल हसन को बधाई दी है पांच राज्यों के चुनाव नतीजे कल हुई मतगणना के बाद सामने आए चार राज्यों असम केरल तमिलनाडू और एक केन्द्र शासित प्रदेष पुड्येरी की विधानसभाओं के नतीजे कल ही आ गए थे जबकि पष्विम बंगाल में मतगणना देर रात तक जारी रही

पष्विम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद तृणमुल कांग्रेस सरकार बनाएगी

तमिलनाडू में डीएमके के एम के स्टालिन पूरे नतीजे आने के बाद सरकार बनाने की दावेदारी पेष करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चनाव में जीत पर तणमुल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र जनता की आकांक्षा पूरी करने और कोविड महामारी से उबरने में राज्य को हर संभव सहायता देगा उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नगण्य उपस्थिति थी जिसमें अब महत्वपूर्ण वृद्वि हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सेवा करना जारी रखेगी श्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक महामारी से उबर जाए उन्होंने इन चुनावों में भाजपा का समर्थन करने पर केरल की जनता का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने तमिलनाडू विधानसभा चुनाव में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमकेस्टालिन को बधाई दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढाने के उपायों की समीक्षा की गई इस्पात उद्योग रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल इकाइयों उद्योगों बिजली संयंत्र जैसे उद्योगों से गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीजन चिकित्सा के लिए करने के उपर विचार किया गया केन्द्र सरकार ने ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति बनाई जा रही है जिससे शहरों के निकट स्थित इन इकाइयों से अस्पतालों के बिस्तरों तक ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके प्रायोगिक आधार पर ऐसे पांच केन्द्र शुरू कर दिए गए हैं और इस दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से पूर्ण की जा रही है थोड़े ही समय में ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब दस हजार बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं राज्य सरकारो को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केन्द्रों स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कोविड महामारी के खिलाफ संधर्ष में अमरीका भारत को लगातार चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने टवीट में यह जानकारी दी उन्होंने इस सहयोग के लिये अमरीका के प्रति आभार व्यक्त किया

बाइडेन प्रशासन ने अस्ट्राजेनिका आपूर्ति का अपना आर्डर भारत को भेजने का निर्देश दिया है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों में चार हजार पांच सौ इकतालीस मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं वहीं चार हजार सात सौ अड़तीस नये सक्रिय मामले मिले हैं कल राज्य में एक सौ पन्द्रह संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई रांची जिले में लगभग बीस दिनों के बाद नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है कल रांची जिले से मात्र नौ सौ तेरह संक्रमित मरीज मिले हैं

अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने एक सौ सडसठ रन के जीत के लक्ष्य को तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया

दिल्ली कैपिटलस ने टॉस जीतने के बाद पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया

गुमला जिले में कोरोना से स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है

कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या शन्य रही गुमला जिले में अब तक पांच हजार छह सौ उनतीस कोरोना संक्रमित मरीजों में से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तीन हजार छह सौ पच्चीस है सरायकेला जिल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है जिले में विशेष अभियान चलाकर दुकानदार एवं लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सामानों की खरीदारी करने को कहा गया

गोड्डा में अब मात्र तीन सौ अस्सी सक्रिय कोरोना मरीज इलाजरत हैं

धनबाद जिले के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज आगामी पांच मई से आंतरिक परीक्षा लेगा सेमेस्टर पांच की यह परीक्षा ऑनलाइन होगी

यह आंतरिक परीक्षा आठ मई तक चलेगी इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे छात्र छात्राओं को आधे घंटे का समय दिया जाएगा ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए छात्र छात्राओं को कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाषित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने आज पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे को प्रकाषित किया है पष्विम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अप्रत्याषित जीत की खबर को सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने हो गया खेला बंगाल में तृणमूल की हैट्रिक शीर्षक से पांच राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है झारखंड के मधुपूर उपचुनाव में झामूमो की जीत को भी प्रमुखता से प्रकाषित किया है हिन्दुस्तान ने जनादेष के नाम से पांच राज्यों के विधानसभा नतीजों की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने पष्चिम बंगाल में नंदी ग्राम सीट पर ममता बनर्जी की हार और तृणमूल बनाएगी सरकार के षीर्षक से विधानसभा चुनाव परिणामों को प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक भास्कर ने भी पष्विम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पष्विम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत की खबर को पहली सुर्खी बनाई है वहीं पष्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है